इसमें प्रलोभन या दबाव डालकर धर्मांतरण करने का दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर पांच साल तक कैद का प्रावधान किया गया है कम से कम पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड का प्रावधान भी है

प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलो में कमी आई है

तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन हरिकथा मिलाद चादरपोशी और कव्वाली गायन हुआ पांच दिवसीय समारोह का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण के साथ आज शाम चार बजे होगा इस बार तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक पण्डित सतीश व्यास को दिया जाएगा तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से उस्ताद मजीद खाँ एवं साथियों ने राग बैरागी में शहनाई वादन किया इसके बाद ढोलीबुआ महाराज नाथपंथी संत सच्चिदानंद नाथ ने संगीतमय आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए ईश्वर और मनुष्य के रिश्तो को उजागर किया